अब तक दो लाख सत्ताईस हजार से अधिक रोगी हुये ठीक

और प्रदेश में पछ्आ हवा के प्रभाव से ठंड में हो रही है वृद्धि

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट से जानकारी दी है कि श्री मोदी अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे प्रधानमंत्री इस दौरान वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करेंगे पूणे में प्रधानमंत्री सीरम इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाये जाने की प्रक्रिया को देखेंगे जहां श्री मोदी संबंधित अधिकारियों के साथ वैक्सीन के सफल परीक्षण के बाद इसके वितरण और आपूर्ति की व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे इसके बाद प्रधानमंत्री लोहेगांव हवाई अड्डे से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की विनिर्माण सुविधा को देखेंगे और वहां कोविड वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे ये दवा कंपनी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के साथ मिलकर कोविड का टीका कोवैक्सीन बना रही है प्रदेश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव शून्य नौ प्रतिशत हो गई है यह राष्ट्रीय औसत से तीन दशमलव चार चार प्रतिशत अधिक है राज्य में उपचार करा रहे रोगियों की संख्या लगातार घट रही है इस समय राज्य के विभिन्न अस्पतलों में पांच हजार पांच सौ पैंतालीस रोगी उपचार करा रहे हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान छह सौ चौवन रोगी ठीक हुए जबकि छह सौ अंठानवे नए रोगियों का पता चला है सबसे अधिक एक सौ अस्सी नए रोगी पटना में मिले अभी तक राज्य में इस संक्रमण से दो लाख सत्ताईस हजार छियालीस रोगी ठीक हो चुके हैं वही पटना जिले के सदर अनुमंडल क्षेत्र कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है जिला प्रशासन ने चौदह नये कंटेमेंट जोन की पहचान की है जिन्हें आज से सील करने की कार्रवाई की जायेगी इन क्षेत्रों में केवल अनिवार्य सेवा से जुड़े वाहन चलेंगे और आवश्यक कार्य ही किये जा सकेंगे इधर पटना जिला प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने के कारण लगभग चार सौ पचपन लोगों से जुर्माना वसूला है और मास्क नहीं पहनकर दुकानों में काम करने के आरोप में सात दुकानों को बंद करा दिया है देश में तैंतालीस हजार बयासी लोगों में संक्रमण के नये मामलों की प्रष्टि के बाद कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या तिरानवे लाख नौ हजार सात सौ अट्ठासी हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड से चार सौ बानवे लोगों की मृत्यु हुई इसके साथ ही मृतकों की संख्या एक लाख पैंतीस हजार सात सौ पंद्रह हो गई इस समय चार लाख पचपन हजार पांच सौ पचपन रोगियों का उपचार चल रहा है देश में कोविड से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या सतासी लाख अठारह हजार पांच सौ सत्रह हो गई है स्वस्थ होने की दर तिरानवे दशमलव छह पांच प्रतिशत हो गई है देश में इस समय प्रति दस लाख जनसंख्या पर कोविड जांच की संख्या एक लाख से अधिक हो चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच के ऊंचे स्तर से कोविड संक्रमण का जल्दी पता लगाने तुरन्त संगरोध करने और प्रभावकारी इलाज देने में आसानी होती है केन्द्र सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बड़ी संख्या में जांच केन्द्रों की स्थापना की है वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ नरेंद्र सैनी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा है कि कोरोनो वायरस संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए सबके लिए आवश्यक है कि वे एहतियाती उपायों का पालन करें उन्होंने कहा कि टीका आने के बाद भी लोगों को टीकाकरण की अपनी बारी के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार कदम उठाना चाहिए

बिहार रज्य एड्स नियंत्रण समिति के संयुक्त निदेशक मनोज कुमार सिन्हा ने बताया कि यह केन्द्र मुंगेर जमुई नालंदा सिवान कैमूर सुपौल और पूर्णिया में खोले जा रहे हैं इन केन्द्रों के खूलने के बाद प्रदेश में जांच केंद्रों की संख्या सत्ताईस हो जायेगी भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्यसभा की एक मात्र सीट के लिये हो रहे चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार होंगे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा है कि केन्द्रीय चुनाव समिति ने श्री मोदी के नाम की घोषणा की है गौरतलब है कि केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से यह सीट खाली हुई है जिस पर चौदह दिसंबर को चुनाव होना है राज्य सरकार ने उन्नत किस्म के ए ग्रेड धान की खरीद का मूल्य एक हजार आठ सौ अठासी रूपये प्रति क्विंटल तय किया है खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार यह मूल्य अगले वर्ष एकतीस मार्च तक मान्य होगा इसके लिये राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की इकहत्तरवीं कड़ी होगी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 इसे आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूटूब चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जायेगा आकाशवाणी हिन्दी में कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम आठ बजे फिर से प्रसारित किया जायेगा प्रदेश में आने वाले दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी होगी पछुआ हवा से न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले अड़तालीस घंटों के दौरान मौसम के साफ रहने की संभावना है जिससे न्यूनतम तापमान में और कमी होगी मौसम विभाग के अनुसार सुबह में कोहरा छाया रहेगा राज्य के दक्षिणी मध्य क्षेत्र में हल्की बारिश की भी संभावना है हवा की आर्द्रता भी बहत्तर प्रतिशत रिकॉर्ड की गई है रोहतास जिला का डेहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार ने बताया कि यह ठंड आम लोगों को परेशान कर रही है लेकिन खेती के लिये वरदान है उन्होंने कहा कि इस मौसम में लगाये गये गेहूं के बीजों का अंक्रण काफी अच्छे ढंग से होता है जिससे फसल उत्पाद बढ़ेगा उन्होंने कहा है कि कई सालों के बाद नवंबर और दिसंबर महीने में अच्छी खेती के आसार बने हैं इधर चिकित्सकों ने कहा है कि ठंड बढ़ने से लोगों को सावधानी बरतनी चाहिये बुजुर्ग और बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक परीक्षा में कोन्द्रों की संख्या नहीं बढ़ाई जायेगी अगर आवश्यकता पड़ी तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी परीक्षा समिति के अनुसार छात्राओं का परीक्षा केंद्र अनुमंडल स्तर पर ही होगा जबकि छात्रों का केंद्र एक अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल में बनाया जायेगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा कल एक सौ दो केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी कोरोना संक्रमण को देखते हुये इन कोन्द्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है पटना उच्च न्यायालय ने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी की हुई ऑनलाइन परीक्षा परिणाम को घोषित करने पर रोक लगा दिया है न्यायालय ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हये राज्य सरकार और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पंद्रह दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है केंद्र सरकार ने पटना से आरा होते हुये सासाराम तक एक सौ तीस किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड सड़क बनाने की मंजूरी दे दी है इस सड़क को बनाने पर पैंतीस सौ करोड़ रूपये खर्च होंगे अधिकारियों के अनुसार यह सड़क पटना से आरा तक छह लेन और आरा से सासाराम तक फोरलेन की होगी जो अंत में राष्ट्रीय राजमार्ग दो से जाकर जुड़ जायेगी राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सोनपुर के विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला पर रोक लगा दी है गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि इस वर्ष मेले का आयोजन नहीं होगा इधर राज्य सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए कार्तिक प्रर्णिमा स्नान को लेकर भी लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया है जिला प्रशासन को कहा गया है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि लोग नदीं घाटों पर स्नान के लिए नहीं जायें वहीं बारह साल के बाद होने वाला हरिद्वार महाकुंभ चार माह के बजाय दो माह का होगा जो इक्कीस मार्च से सत्ताईस अप्रैल तक चलेगा मेले में आने वाले श्रद्वालुओं को ऑनलाइन निबंधन कराना होगा लोगों को गंगा में स्नान के पहले कोविड उन्नीस की निगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी होगी प्रजा स्पेशल रेलगाड़ियों के परिचालन की अविध में विस्तार किया गया है पूर्व मध्य रेल के जन संपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि यात्रियों की सुवधिा के लिये पूजा स्पेशल ट्रेनें चलायी जा रही थीं जिनके परिचालन की तिथि समाप्त हो रही थी जिसे दो जनवरी तक बढ़ा दिया गया है उन्होंने कहा कि इन रेलगाड़ियों में सभी डिब्बे आरक्षित श्रेणी के होंगे और यात्रियों को कोविड उन्नीस के मानकों का पालन करना होगा औरंगाबाद जिले में एक सड़क दूर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई सभी मृतक एक शादी समारोह से लौट रहे थे मधुबनी जिले की हरलाखी थाना की पुलिस ने चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आलू प्याज फेंकने वाले आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है बिहार होमगार्ड में चालक पद पर बहाली के लिये आयोजित लिखित परीक्षा मे जालसाजी कर उत्तीर्ण होकर शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले पंद्रह अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इन पर कोन्द्रीय चयन पर्षद ने प्राथमिकी दर्ज कराई है गिरफ्तार अभ्यर्थी बक्सर गया गोपालगंज दरभंगा वैशाली मध्रबनी और पूर्वी चंपारण जिलों के रहने वाले बताये गये हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच हुये हंगामे की खबर को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान लिखता है तेजस्वी के बिगड़े वोल बिफरे नीतीश दैनिक जागरण ने उच्चतम न्यायालय के महाराष्ट्र उच्च न्यायालय पर की गई टिप्पणी पर लिखा है अदालतें नागरिक स्वतंत्रता की पहली प्रहरी दैनिक भास्कर ने पटना में वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर लिखा है दिल्ली में वाहन कम चले तो चौबीस घटे में एक्यूआई तीन सौ दो से घटकर एक सौ सैंतीस हो गया पटना में अभी तीन सौ सोलह प्रभात खबर ने गुजरात के राजकोट में एक कोविड उन्नीस अस्पताल में लगी आग पर शीर्षक दिया है कोविड अस्पताल में भीषण आग पांच मरीजों की झुलसकर मौत आज अखबार ने भारतीय अर्थव्यवस्था की खबर पर सुर्खी दी है अर्थव्यवस्था को मिली रिकवरी जीडीपी में सात दशमलव पांच प्रतिशत की गिरावट

अब तक दो लाख सत्ताईस हजार से अधिक रोगी हुये ठीक

और प्रदेश में पछुआ हवा के प्रभाव से ठंड में हो रही है वृद्धि